कोरोना जांच रिकार्ड भारत ने एक ही दिन में कोरोना वायरस के चार लाख से अधिक नमूनों की जांच कर रिकॉर्ड बनाया है

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए सघन परीक्षण और उपचार की रणनीति को तेज करने की सलाह दी है

आज देश भर में तेरह सौ से ज्यादा सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं

उधर गुना के विजयपुर स्थित गेस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिगेल से एक अच्छी खबर आई है

इन्हें अस्पताल से छट्टी दे दी गई

इस बीच यहां किल कोरोना अभियान में लापरवाही बरतने पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त कर एनएनएम को निलंबित कर दिया गया

जिला प्रशासन ने दो दिन का टोटल लॉकडाउन किया है

श्री चौहान ने लोगों से अनुरोध किया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपायों का पालन आवश्यक रूप से करें

वहां सभी प्रकार के टेस्ट किए गए हैं मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हं श्री चौहान ने सिलसिलेवार टवीट में लिखा है जनता का कोई काम बाधित न हो इसलिए अस्पताल से काम करता रहूंगा मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में प्रदेश में कोरोना की स्थितियों की समीक्षा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी करेंगे

करीब ढाई हजार पुलिसकर्मी शहरभर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तैनात रहे पुलिस ने जगह जगह बेरिकेड्स लगाकर यातायात को नियंत्रित किया बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई इस दौरान राजधानी की सड़कें सूनी रहीं केयल इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर दिखाई दिए बाजार भी पूरी तरह बंद रहे केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे मेडीकल पेट्रोल पम्प और दूध की दुकानें आदि खुली रहीं

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

आकाशवाणी डी डी न्यूज पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा

ये हितग्राही निःशुल्क राशन प्राप्त करने की पात्रता रखते है परन्तु खाद्यान्न पर्ची न होने के कारण वे इस सुविधा का लाभ नही ले पा रहे थे

फेसबुक लाइव से शिक्षकों एवं अन्य मैदानी सहयोगियों को जोड़ा जाएगा जिससे वे विभागीय गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं से सीधे परिचित हो सकें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

होशंगाबाद में लॉकडाउन के कारण मंदिर में केवल प्रजारियों ने पुजा की बाकी लोगों ने घर पर ही नागपंचमी की पुजा अर्चना की जबलपुर के प्रसिद्ध सीताराम उस्ताद अखाडा गंगासागर में पुजन हवन और अभिषेक किया गया यहां के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान का श्रंगार कर जलाभिषेक किया गया पन्ना में लोगों ने घरों के बाहर नाग बनाकर पूजा की आगरमालवा के विभिन्न मंदिरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए पुजा अर्चना की गई उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संकमण के कारण शहर के नागचंद्रेश्वर मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित है हालांकि दर्शन के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की गई है

इस संबंध में सूचना चस्पा करने को भी कहा गया है